स्वास्थ्य मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि चीन के वुहान विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले एक छात्र को इस बीमारी से संक्रमित पाया गया है वह हाल ही में चीन से वापस लौटा था और उसे अस्पताल में आइसोलेशन में रखा जा रहा है इस छात्र की हालत स्थिर बनी हई है और उसके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है प्रदेश में भी कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और उपचार सुविधाओं की उच्च स्तर पर रोजाना मॉनीटरिंग की जा रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सवाई मानसिंह अस्पताल में भी इस वायरस की जांच सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराई जाएगी जयपुर एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय उडानों से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्केनर से जांच की जा रही है चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने आज उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा की केबिनेट सचिव राजीव गोबा तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदन ने सभी राज्यों के प्रमुख स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना वायरस की जानकारी ली

बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद तथा आनन्द शर्मा तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने भाग लिया इनके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी नेता रामविलास पासवान समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव और संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी बैठक में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है

सत्र के पहले दिन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करेंगे इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जायेगा

बजट सत्र का पहला चरण ग्यारह फरवरी तक चलेगा एक महीने के अंतराल के बाद इसका अगला चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा

बैंक कर्मियों और अधिकारियों के सात संगठनों ने इस हड़ताल का आहवान किया है

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सत्य अपरिग्रह अहिंसा और सादगी के सिद्धांतों को खादी मूर्त रूप प्रदान करती है उन्होंने आहवान किया कि सभी को खादी को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए और युवा पीढी को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए आज जयपुर में खादी के वैश्वीकरण पर दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि स्वाभिमान और सम्मान का कारण है मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार का एक बड़ा माध्यम होने के साथ ही महिला सशक्तीकरण का भी प्रमुख जरिया है इससे पहले आज सुबह श्री गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शासन सचिवालय स्थित गाँधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किये श्री गहलोत सहित राज्य मंत्रिपरिषद के कई सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता तथा शहीदों को श्रद्वांजलि दी

झालावाड़ जिले में श्रद्वांजलि स्वरूप सभी उपखण्ड मुख्यालयों पर रक्तदान शिविर लगाए गए

प्रतापगढ में चिकित्साकर्मियों की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान किया गया और सभी ने बापू के बताए मार्ग पर चलने और स्वच्छता की शपथ ली

उन्होंने कहा आने वाले समय में अस्पताल को अंग प्रत्यारोपण के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जायेगा श्री शर्मा ने आज अस्पताल में पिछले दिनों हदय प्रत्यारोरण हुए मरीज से मुलाकात की इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि मरीज अब पुरी तरह स्वस्थ है श्री शर्मा ने आज सुबह जयपुर के प्रताप नगर में आयुष चिकित्सालय का शिलान्यास भी किया